नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा

कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहमंजिला फ्लैट का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि एन डी ए सरकार के कार्यकाल के दौरान श्रू किये गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही प्रा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दशको प्रानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता बल्कि उनका म्काबला करके और समाधान ढूंढ कर किया जाता है श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नये दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्धि हई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढना चाहता है उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार निर्वाचित तीन सौ से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया प्रकाश जावडेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है द्रुपयोग का साधन नहीं उन्होंने कहा कि समाज में अच्छी खबरें भी बहत है लेकिन उन्हें कोई दिखाता नहीं है नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान के शैक्षणिक सत्र के वर्च्अल उदघाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पत्रकारिता का पहला मंत्र यह है कि जीवन के सभी क्षेत्रो में लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली सारी घटनाएं खबर हैं जो ठीक से लोगों तक पहंचानी हैं मीडिया की आजादी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आयाम है इसे संभालकर रखना है उन्होंने कहा कि यह आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है इसलिए हम सभी को जिम्मेदार भी होना है उन्होंने कहा कि टीआरपी रेटिंग को ध्यान में रखकर जो पत्रकारिता हो रही है वह सही रास्ता नहीं है

उन्होंने पत्रकारिता के छात्रों को सलाह दी कि वे अनावश्यक सनसनी और टीआरपी केंद्रित पत्रकारिता के जाल में फंसने की बजाय स्वस्थ पत्रकारिता के ग्र सीखें और समाज में जो क्छ अच्छा काम हो रहा है उसे भी समाचार मानकर लोगों तक पहंचाएं उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा में हो रहे व्यापक बदलाव का हम सभी को स्वागत करना चाहिए और उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए

शेष वादे अगले कुछ महीनों में प्रे कर लिये जाएंगे देहराद्न में हुई प्रेसवार्ता में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश ने विकास की नई परिभाषा लिखी है उन्होंने कहा कि भाजपा अगले विधानसभा चूनाव के लिए तैयार है अगला विधानसभा च्नाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि अगले च्नाव में टिकट का आधार परफॉर्मेस होगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नइडा दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड का दौरा करेंगे इस दौरान वे यहां मंत्रियों विधायकों दायित्वधारियों के साथ बैठक करेंगे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोविड के बावजूद पूरे प्रदेश में भाजपा ने ऐतिहासिक मंडल प्रशिक्षण वर्ग पूरे किए

इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं और सतत विकास को लेकर भी चर्चा की गयी जिसमें पर्यटन हॉर्टिकल्चर सामाजिक विकास रोजगार पेयजल प्रदूषण और आपदा जैसे मुद्दे शामिल थे

हल्द्वानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है साथ ही इस पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी नजर रखे हुए है श्री हर्बोला ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा जहां पर कमी पायी जायेगी उन निकायों को आगाह किया जायेगा इसके लिए उन्होंने निकायों का स्थालीय निरीक्षण और मॉनिटरिंग पर बल दिया

मेयर डॉ जोगेन्द्रर पाल सिंह रौतेला और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज काण्डपाल ने बताया कि नगर में नियमित साफ सफाई के साथ ही नियमित सैनेटाइजेशन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है साथ ही सभी फील्ड कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रो का कोराना टेस्ट कराया गया है

वे एसिम्प्टोमैटिक हैं और उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती करया गया है

उन्होंने अपने संदेश में आग्रह किया है कि जो भी लोग कुछ दिनों पहले उनके संपर्क में आये हैं वो खूद को आईसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं गौरतलब है कि राज्यपाल एक सप्ताह के अवकाश पर आगरा गई थीं और श्क्रवार को शाम को राजभवन लौटी इस दौरान उनका किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई सम्पर्क नहीं हआ है इसलिए राज्यपाल सचिवालय सामान्य रूप से कार्य करेगा

रूड़की के ज्वांइट मजिस्ट्रेट ने दकानदारों व्यापारियों और ग्राहकों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की सख्त हिदायत दी है

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग बाजारों में टीम बनाकर सैम्पलिंग करेगा मौसम अपडेट प्रदेश में आज मौसम ने फिर करवट बदली है चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की सूचना है देहरादून अल्मोड़ा बागेश्वर और नैनीताल समेत अन्य जिलों में बादल छाये हए हैं जिससे तापमान में गिरावट आयी है मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी चमोली औऱ रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है जबकि पिथौरागढ़ बागेश्वर पौड़ी टिहरी औऱ देहरादून जिलों में क्छ जगह मामूली हिमपात और बारिश की संभावना है अगले क्छ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है

सूचना मिलते ही प्लिस राजस्व विभाग और एसडीआरएफ की मदद से घायलों को ऋषिकेश एम्स और राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्ल के ढहने की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं साथ ही निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है म्रख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्माणाधीन प्ल के क्षतिग्रस्त होने और इससे हई द्र्घटना के कारणों की जांच के लिए म्ख्य सचिव को निर्देश दिए हैं गोष्ठी अल्मोडा अल्मोड़ा में आज सार्वजनिक यातायात और पैदल यात्री अधिकार को लेकर आम जनता के साथ गोष्ठी की गई गोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे नागरिकों ने नगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गोष्ठी में सड़क के पानी के निकासी की व्यवस्था की समस्या को भी उठाया गया